राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को जारी किया नोटिस कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

इन एहतियातों में मास्क पहनना और एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना जैसे उपाय भी शामिल हैं राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में होली शब ए बरात और ईस्टर को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उन्हें जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से सभी सावधानियाँ बरतने को कहा गया है उन्होंने इस बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने को भी कहा है इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को त्यौहारों के दौरान एक स्थान पर लोगों के इकटठा होने के बारे में उनकी संख्या की सीमा तय करने को कहा था

उन्होंने कहा कि प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए टीकाकरण अभियान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए उन्होंने सभी पक्षों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में टीकाकरण के दुष्प्रभाव का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है उन्होंने कहा कि टीकाकरण महत्वपूर्ण निगरानी प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है देश में लगाए जा रहे दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित और प्रतिरक्षी है

जालौर में जिला कलेक्टर ने शांति समिति की बैठक कर त्यौहारों पर कोविड गाइड लाइन की पालना कराने के निर्देश दिए साथ ही शहरवासियों से घर पर ही त्यौहार मनाने की अपील की है सवाई माधोपुर में कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है

दो जिलों सीकर और बाड़मेर में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

आयोग ने कहा है कि राज्य में गंभीर घटनाओं से पता चलता है कि राज्य में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है आयोग ने नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे कुछ विशेष घटनाओं की जांच करें और की गई कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें महिलाओं और लड़कियों में में विश्वास पैदा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आयोग को जानकारी देने को कहा गया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर जिले के बाटाड़ू में नई उप तहसील कार्यालय खोले जाने के लिए अधिसूचना जारी करने और पटवार मण्डल की न्यूनतम संख्या के प्रावधान में शिथिलता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं